मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक संसद में हुआ पारित प्रदेश में पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड बनाया जायेगा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में की घोषणा

श्री कोविन्द ने इस उपलब्धि की सराहना की है

वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश के गौरवशाली इतिहास के कालकम पर लिखा जाना वाला महत्वपूर्ण क्षण है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देशवासियों को बधाई दी है

इस मिशन के मुख्य उददेश्यों में चंद्रमा पर पानी की मात्रा का अनुमान लगाना उसकी जमीन उसमें मौजूद खनिजों और रसायनों तथा उनके वितरण का अध्ययन करना उसकी भुकंपीय गतिविधियों का अध्ययन और चेंद्रमा के बाहरी वातावरण की ताप भौतिकी गुणों का विश्लेषण है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक पैसिव पेलोड भी इस मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पृथ्वी और चंद्रमा की सटीक दूरी पता लगाना है

लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी इस बिल को पारित कर दिया गया

इस विधेयक में राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों का कार्यकाल पांच से घटाकर तीन वर्ष करने की व्यवस्था है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए सरकार मानवाधिकार संस्थाओं की स्वायत्ता और मानवाधिकार संरक्षण के प्रति गंभीर है

विधेयक में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के सूचना आयुक्तों के कार्यकालवेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को तय करने और नियम बनाने के लिए केंद्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्रसिंह ने विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि संशोधन से आरटीआई अधिनियम के प्रावधान कमजोर नहीं होंगे विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा आरटीआई अधिनियम संघीय मूल्यों पर हमला करने के प्रयासों को कमजोर करेगा डीएमके आरएसपी और बीएसपी सहित अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां थाने में परिवाद दर्ज न होने पर एसपी ऑफिस में परिवाद दर्ज होगा राज्य विधानसभा में पुलिस न्याय प्रशासन आबकारी गृह और रक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने ये जानकारी दी

श्री धारीवाल ने बताया कि इसके अलावा जयपुर में दो नये पुलिस थाने भी खोले जायेंगे वहीं चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस होमगार्ड और जेल प्रहरियों को वर्दी भत्ते के तौर पर साल में एक मुश्त सात हजार रूपये दिये जायेंगें संसदीय कार्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड बनाने की घोषणा की

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कल राज्य विधानसभा में विधायकों के प्रष्न का जवाब देते हुए बताया कि जितने भी प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं उन सबको पट्टे दिये जायेंगे

उन्होंने बताया कि राजस्व गांव मालमाथा के अस्तित्व में आने के समय इस गांव में लोग उनकी पैतक खातेदारी जमीन पर रहते थे

यह श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे सप्ताह के तहत आज बाडमेर में सरहदी इलाकों में देश की सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों पर आधारित फोटो गैलेरी और डॉक्यूमेन्ट्री प्रदर्शित की जायेगी इसके साथ ही हथियारों की प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी इधर जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया

बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा सीधी भर्ती परीक्षा कृषि पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर परीक्षा के परिणाम जारी किये बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत ने बताया कि संबंधित भर्ती में पदों की तुलना में डेढ गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई है